आकाशावाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा लेकिन हमने इस संकट से भी एक सबक भी सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है जब जनता कर्फ़्यू जैसा अमिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वारियर्स का सम्मान किया था एकजुटता दिखाई थी उसे भी कई लोगों ने याद किया है साथियो देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रवाह भी देखा है चुनौतियाँ खूब आई संकट भी अनेक आए कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाघाएं भी आई लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए देश में नया सामर्थय भी पैदा हुआ प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत के लोग दुकानदारों से मेड इन इंडिया सामान की मांग करने लगे हैं जो लोगों की मानसिकता में बड़े बदलाव का संकेत है उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की सोच में यह बदलाव पिछले एक साल में आया है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को आंकना आसान नही है और अर्थशास्त्री भी अपने पैमानों पर इसे तौल नहीं पा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि हम नए साल पर अनेक संकल्प लेते हैं और इस साल हमें जो संकल्प लेना है वह निश्चय ही देश के लिए होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है उन्होंने स्टार्टअप्स और उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की हम आत्मनिर्मर भारत का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हमारे मैन्यूफेक्वर्रस उनके लिए भी साफ सन्देश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता न करें

जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का ये उचित समय है मै देश के मैन्यूफेक्वर्रस इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूँरू देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है मजबूत कदम आगे बढ़ाया है वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूँज रहा है ऐसे में अब यह सुनिश्वित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्वस्तरीय हों दो दिन पहले मनाई गई गीता जयंती का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में गीता लोगों को प्रेरित करती है प्रधानमंत्री ने ग्रु गोबिंद सिंह जी के दो पूत्रों जोरावर सिंह और फतेहसिंह को श्रद्वांजलि अर्पित की जिन्हें आज ही के दिन दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था प्रधानमंत्री ने नव वर्ष की सभी देशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि य्नाइटेड किंगडम फ्रांस और अन्य देशों से प्रदेश में आने वाले लोगों का पता लगाकर उन्हें क्वारंटीन किया जाय उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाया जाय मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से सम्बन्धित आरटीपीसीआर और रैपिड एन्टीजन टेस्ट पूरी क्षमता के साथ किये जाएं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोरोना के नये स्वरूप के मददेनजर टेस्टिंग के नये उपकरण भी मंगा लिये जाएं उन्होंने रिकवरी दर में वृद्धि के लिये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस की प्रभावी व्यवस्था बनाये रखने पर जोर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियो से कहा है कि प्रदेश के धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को किसी तरह की समस्या नही आनी चाहिए यदि कोई समस्या आती है तो उसका तुरन्त निस्तारण किया जाना चाहिए उन्होंने सभी नोडल अधिकारियो को निर्देश दिया कि वह किसानों की सह्लियत के लिये रणनीति तैयार करें लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक को सम्बोधित करते हुये उन्होंने धान क्रय केन्द्रों में अनियमितता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये किसान संघ मंगलवार को सवेरे ग्यारह बजे सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत के लिए राजी हो गए हैं स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेन्द्र यादव ने कल बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में आंरोलन कर रहे सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत करने का निर्णय लिया है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 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दो हजार इक्कीस के लिए परीक्षाओं की तारीख ब्रहस्पतिवार को घोषित की जाएगी